गरियाबंद जिले में दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से पैरी सोंदूर नदी का जलस्तर बढ़ा दो बांधों के पानी छोड़े गए तीन पुलिया के ढहने से कई गांवों का टूटा संपर्क सुकमा फर्जी मुठभेड़ सुकमा मुठभेड़ मामले में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की बेंच ने याचिकाकर्ता एन नारायण राव से और जानकारियां देने को कहा है इस मामले में अगली सुनवाई उनतीस अगस्त को होगी गौरतलब है कि बीते छह अगस्त को सुकमा जिले के नुलकातोंग में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पंद्रह माओवादियों को मार गिराया था इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए एक एनजीओ के संचालक एन नारायण राव ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी इधर राज्य सरकार ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिका पर विरोध प्रकट करते हुए कहा है कि एनजीओ की याचिकाकर्ता ने फर्जी तस्वीरों के माध्यम से न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रही है इस बीच बस्तर जिले के कांग्रेस नेताओं ने भी इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए इसकी जांच के लिए अट्ठारह सदस्यीय कमेटी का गठन किया है आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक मनोज मंडावी इस कमेटी के संयोजक होंगे कमेटी के अन्य सदस्यों में विधायक कवासी लखमा मोहन मरकाम और दीपक बैज शामिल हैं कांग्रेस सदस्यों ने बताया कि यह कमेटी मामले की जांच कर प्रदेश कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपेगी डेंग् मौत प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है कल देर रात भिलाई के खुर्सीपार की रहने वाली एक और युवती की डेंगू से मौत हो गई भिलाई में अब तक चौदह लोगों की डेंगू से मौत हो गई है मिली जानकारी के अनुसार डेंगू से पीड़ित इस युवती का इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था जहां कल देर रात इसकी मौत हो गई गौरतलब है कि भिलाई के खुर्सीपार और सुपेला इलाके में डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पिछले दिनों दुर्ग जिले के सीएमएचओ को निलंबित कर दिया था पेयजल गुणवत्ता जांच डेंगू सहित अन्य संक्रामक बीमारियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने रायपुर और दुर्ग संभागों के सभी शहरों में पेयजल गुणवत्ता की जांच अपनी प्रयोगशाला में करवाने का निर्णय लिया है इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रामसेवक पैकरा ने अधिकारियों को इन शहरों में नगरीय निकायों की सार्वजनिक जल प्रदाय योजना के तहत लोगों को मिल रहे पानी की गुणवत्ता का लगातार परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं आदेश के अनुसार पेयजल गुणवत्ता की जांच दोनों संभागों के सभी दस जिलां में स्थित विभाग के प्रयोगशालाओं में की जाएगी परिपत्र में अधिकारियों से कहा गया है कि पेयजल परीक्षण की रिपोर्ट संबंधित जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों को नियमित रूप से दी जाए साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परीक्षण और शुद्धिकरण नियमित रूप से करते रहने को भी कहा गया है वहीं रायपुर कलेक्टर ओपी चौधरी के निर्देश पर डेंगू मलेरिया और इससे बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के विभिन्न वार्डो में विशेष स्वास्थ्य और जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत मितानिनों द्वारा लोगों के घर जाकर डेंगू के मरीजों की पहचान करने के बाद उन्हें तुरंत अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है

वे नवासी वर्ष के थे उन्हें गुर्दे की बीमारी थी हालत गंभीर होने पर उन्हें मंगलवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था श्री चटर्जी को कल दिल का हल्का दौरा पड़ने पर वेंटीलेटर पर रखा गया था अस्पताल के अधिकारी को अनुसार सवेरे करीब सवा आठ बजे उन्होंने आखिरी सांस ली

इस योजना का लाभ उठाकर प्रदेश के किसान अपना जीवन स्तर सुधार रहे हैं महासमुंद जिले के किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराकर अपने जीवन में खुशहाली ला रहे हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के लोमेश दीवान बृजेन्द्र दीवान और हीराराम पटेल जैसे हजारों किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं अन्य किसानों की तरह यहां के किसान भी कभी सूखा तो कभी कीट प्रकोप और कभी बे मौसम बारिश के कारण बर्बाद होते फसलों से परेशान रहने लगे थे

महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत करीब दो साल पहले हई थी तब से लेकर आज तक जिले के संतावन हजार से अधिक किसानों को लगभग एक सौ पच्चीस करोड़ रूपए का फसल बीमा दिया जा चुका है वर्तमान में इस जिले के एक लाख बीस हजार किसान सहकारी समितियों में पंजीकृत हैं न्यूज डेस्क आकाशवाणी समाचार रायपुर

राष्ट्रपति के इस संबोधन को आकाशवाणी के सभी चैनलों पर शाम सात बजे से प्रसारित किया जाएगा श्रोताओं को हम बता दें कल रायपुर आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के समय में बदलाव किया गया है कल यह समाचार बुलेटिन शाम सात बजकर आठ मिनट के स्थान पर रात नौ बजकर सोलह मिनट पर प्रसारित किया जाएगा डीएमएफ राशि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि जिला खनिज संस्थान न्यास डीएमएफ की राशि से अब तक तीस हजार से ज्यादा कार्यो के लिए तीन हजार छह सौ करोड़ रूपए की राशि मंजूर की जा चुकी है इनमें से दो हजार करोड़ रूपसे से ज्यादा राशि का उपयोग किया जा चुका है मुख्यमंत्री ने यह जानकारी कल रमन के गोठ के जरिये दी उन्होंने बताया कि डीएमएफ के मद से राज्य के चौदह जिलों के सौ आदर्श गांवों में एक सौ दस करोड़ रूपए से ज्यादा के कार्य मंजूर किए गए हैं साथ ही अगले दो तीन साल में इनमें से प्रत्येक आदर्श गांव में पांच करोड़ रूपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है धान मक्का पंजीयन राज्य में खरीफ की फसलों के लिए इस वर्ष समर्थन मूल्य नीति के तहत किसानों से धान और मक्का खरीदी की तैयारी शुरू कर दी गई है इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा नए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया सोलह अगस्त से शुरू की जा रही है जो इकतीस अक्टूबर तक चलेगी इस सिलसिले में विभाग ने प्रदेश के सभी संभागीय कमिश्नरों जिला कलेक्टरों और सहकारी संस्थाओं के पंजीयक तथा राज्य सहकारी बैंकों के प्रबंध संचालक को परिपत्र जारी कर दिए हैं परिपत्र में कहा गया है कि पंजीयन के लिए किसानों की सहमति से उनका आधार नम्बर भी प्राप्त किया जाए और यदि किसी किसान के पास आधार नम्बर नहीं है तो जिला कलेक्टर द्वारा ऐसे किसानों का आधार पंजीयन तत्काल सुनिश्चित करते हए आधार नम्बर सहित पंजीयन किया जाए परिपत्र में विशेष रूप से यह भी कहा गया है कि आधार नम्बर नहीं होने के कारण किसी भी किसान को धान मक्का उपार्जन के लिए पंजीयन से वंचित नहीं किया जाएगा बारिश प्रदेश में कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है वहीं बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है गरियाबंद जिले में दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से पैरी सोंदूर नदी का जलस्तर बढ़ जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग में पानी भर गया जिससे आज सुबह आवागमन क्छ घंटों के लिए बंद रहा इसकी वजह से जिले के भूतेश्वरनाथ मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे कई कांवरियें पानी में फंसे रहे बारिश से जिले के तीन पुलिया और रपटे बह गए हैं जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है नदियों का जलस्तर बढ़ने से जिले के सिकासेर बांध से छत्तीस हजार क्यूसेक और सोंद्र बांध से सत्तर हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है प्रशासन ने क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रमुख अजीत जोगी तेईस अगस्त से प्रदेश में विजय यात्रा शुरू करेंगे इसके लिए पार्टी का प्रचार रथ तैयार किया गया है यह यात्रा अट्ठाईस अगस्त तक चलेगी कबीरधाम जिले के लबरी पथरा गांव में एक बालिका की सर्पदंश से मौत हो गई

कोरिया जिले के चिताझोर पोंडी गांव की एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है